राज्य सरकार ने कोरोना को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर होली समेत अन्य त्योहार मनाने पर लगाई रोक सरहुल रामनवमी की शोभायात्रा पर भी प्रतिबंध

चंडीगढ़ में चल रहे राष्ट्रीय सब जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन झारखंड ने जीते दो पदक शुरुआत कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री बांग्लादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ भारत की साझेदारी हमारी पडोसियों को तरजीह देने की नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है कल ढाका में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और सुदुढ करने तथा इसमें विविधता लाने को वचनबद्ध है उन्होंने कहा हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि जहां व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में दोनों देशों के पास एकसमान अवसर हैं वहीं उनके सामने आतंकवाद की एक जैसी चुनौतियां भी हैं प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका का स्मरण किया और मुक्ति वाहिनी के योद्वाओं पर पाकिस्तानी फौजियों के अत्याचारों की निंदा की चुनाव असम और पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं

निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ मतदाता पुष्टि पर्ची के उपयोग का फैसला किया है

वहीं हर मतदान केन्द्र पर अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन और थर्मल जांच की व्यवस्था की हिदायत दी गई है

आयोग ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि इस दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित या प्रचारित ना किए जाएं असम केरल तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और पुद्दचेरी में चल रहे विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उप चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह रोक लगाई गई है कोरोना गाइडलाइन राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर होली मनाने पर रोक लगा दी है गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत होली नवरात्र और ईस्टर जैसे त्योहार लोग अपने घरों में ही मनाएंगे इन त्यौहारों को लेकर कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा इसके अलावा सरहल और रामनवमी की शोभायात्रा निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा कंटेनमेंट जोन में पहले से जारी छूट आगे भी जारी रहेगी वहीं मध्यपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले साल अगस्त में जारी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन किया जाएगा

कोरोना झारखंड इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीन सौ आठ नए मामले सामने आने के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक हजार तीन सौ निन्यान्बे हो गई है इस दौरान रांची गुमला और बोकारो में एक एक संक्रमित की मौत इलाज के दौरान हो गई राज्य में एक हजार एक सौ तीन लोगों की मौत इस महामारी से हो चुकी है कल इक्कासी लोगों ने भी कोरोना को मात दी इस तरह से एक लाख उन्नीस हजार सात सौ उन्नासी लोग स्वस्थ हो चुके हैं

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जियाडा की बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में रांची जिले के चान्हो प्रखंड स्थित बरहे मौजा और बुढ़मू प्रखंड के सोसई में फूड प्रोसेसिंग और मीट प्रोसेसिंग यूनिट खोलने के लिए जमीन आरक्षित करने का निर्णय लिया गया वहीं चापावार में लगभग साढ़े पांच एकड़ जमीन हर्बल और डेयरी के लिए आरक्षित होगी बैठक में जियाडा के बजट को भी मंजूरी दी गई

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा

इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी होगा आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित संकल्प को मंजूरी दे दी है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथालपरगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन के विरोध में खूंटी सरायकेला खरसांवापश्चिमी सिंहभूम द्मका और साहिबगंज जैसे जिलों में पत्थलगड़ी के आरोप में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी

नक्सली गिरफ्तार रांची जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के दो उग्रवादियों को कल पुलिस गिरफ्तार लिया है इन उग्रवादियों के पास से तीन लाख रुपए नकद तीन मोबाइल फोन और उग्रवादी संगठन का लेटर पैड समेत कई सामान बरामद किए गए हैं वरीय पुलिस अधीक्षक एसके झा ने बताया कि ये दोनों उग्रवादी रामगढ जिले में एक कारोबारी से लेवी वसूल कर रांची आ रहे थे

जलस्रोत अतिक्रमण रांची जिले में प्रमुख जलस्रोतों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का निर्देश सभी अंचल पदाधिकारियों को उपायुक्त ने दिया है उन्होंने कहा कि हरमू नदी बड़ा तालाब कांके डैम हटिया डैम और गेतलसूद डैम के किनार चल रहे अवैध निर्णाण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश संबंधित क्षेत्र के अंचलाधिकारियों को दे दिए गए हैं इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के आवेदन में दी गई सूचनाओं में अगर किसी तरह की चूक हो गई हो तो उसे सुधारने के लिए आवेदकों को अवसर दिया गया है आयोग की वेबसाइट पर आवेदक अगले महीने दो से पांच तारीख तक आवेदन में दी गई सूचनाओं में हई गलतियों को सुधार सकते हैं लेकिन आवेदन में दिए गए मोबाइल नंबर और ई मेल में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है कुश्ती प्रतियोगिता चंडीगढ़ में चल रहे राष्ट्रीय सब जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन कल ग्रीको रोमन श्रेणी में झारखंड ने दो पदक जीते राज्य के पहलवान अमित गोप ने अस्सी किलोग्राम वर्ग में रजत पदक और अजीत मुंडा ने इक्यावन किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता दो दिवसीय प्रतियोगिता का आज समापन होगा क्रिकेट इंग्लैंड ने कल पुणे में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को छह विकेट से हरा दिया

दोनों देशों के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच कल पुणे में खेला जाएगा

दोनों संस्थान शिक्षा अनुसंधान और सेवा में आपसी सहयोग करेंगे

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राशि के आवंटन को मंजूरी दे दी है

प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पत्थलगड़ी से जुड़े सभी मुकदमों को वापस लिये जाने के निर्णय की खबर को पहले पन्ने की पहली सुर्खी बनाई है

सरकारी तकनीकी संस्थानों से पास बेरोजगारों को ही प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा शीर्षक से दैनिक जागरण ने खबर को पहले पन्ने पर लिया है